माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के सात जिलों और राजनांदगांव जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए आज से शौर्य इन्द्रधनुष योजना शुरू हुई बेमेतरा जिले में नकाबपोश अज्ञात लोगों ने कैश वाहन से करीब डेढ़ करोड़ रूपये लूटे कुछ ही घंटों में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना

फोटोयुक्त मतदाता सूची बनाने के साथ ही अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन क्षेत्र निर्धारण और आरक्षण के लिए संशोधित समय सारिणी घोषित कर दी गई है पंचायत विभाग ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर संशोधित समय सारिणी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं संशोधित समय सारिणी के मुताबिक वर्ष दो हजार ग्यारह की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन किया जाएगा ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि चौदह अक्टूबर निर्धारित की गई है दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा सोलह अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा अट्ठारह अक्टूबर तक जिला और जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र तथा ग्राम पंचायतों के वार्डों के निर्धारण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा पांच नवंबर तक जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी इसी तरह छह नवंबर तक ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड जनपद पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी शौर्य इंद्रधन्ष योजना राज्य के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के सात जिलों और राजनांदगांव जिले में कार्यरत् पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया जाएगा इसके लिए आज से शौर्य इन्द्रधनुष योजना प्रारंभ की गई है इसके तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस अधिकारी कर्मचारी के उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय की समिति करेगी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल के सभा कक्ष में इन्द्रध्नष योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए साठ पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करते हुए यह जानकारी दी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने अदम्य साहस और जोखिम उठाकर उत्कृष्ट कार्य कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन किया है उन्हें सम्मानित करते हुए गर्व हो रहा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी इससे प्रेरणा लेकर अच्छा कार्य करेंगे श्री अवस्थी ने बताया कि इन्द्रधनुष योजना इसी वर्ष जनवरी में प्रारंभ की गई है

जूनियर डॉक्टर शिष्यवृत्ति राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत् पीजी छात्रों जूनियर रेसीडेंट और इन्टर्न की शिष्यवृत्ति की दरों में छब्बीस फीसदी की वृद्धि कर दी है पीजी छात्र प्रथम वर्ष को अब तिरपन हजार पांच सौ पचास रूपये की शिष्यवृत्ति मिलेगी इसी तरह पीजी छात्र द्वितीय वर्ष को छप्पन हजार सात सौ रूपये पीजी छात्र तृतीय वर्ष को उनसठ हजार दो सौ बीस रूपये और इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को बारह हजार छह सौ रूपये की शिष्यवृत्ति प्रदान की जाएगी वित्त विभाग की सहमति के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है गांधी विचार पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर गांधी विचार पदयात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में पदयात्रा ग्राम छाती से आगे बढ़ी ग्राम डांडेसरा पहुंचने पर इस पदयात्रा में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए पदयात्रा के दौरान कुरूद कन्हारपुरी और भोसरेंगा में भी सभा का आयोजन किया गया गांधी विचार पदयात्रा कल ग्राम चोरभट्ठी बगदेही भिंडरवानी कोसमर्रा सिहादमोड़ होते हुए भखारा पहुंचेगी यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद आमसभा को भी संबोधित करेंगे उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पदयात्रा कल धमतरी जिले के गांधी ग्राम कंडेल से शुरू हुई है दस अक्टूबर को रायपुर के गांधी मैदान में पदयात्रा का समापन होगा जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी बेमेतरा लूट बेमेतरा जिले में आज सुबह नकाबपोश अज्ञात लोगों ने एक कैश वाहन से करीब एक करोड़ चौंसठ लाख रूपये लूट लिए बाद में तीन आरोपियों को ग्रामीणों की मदद से कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया

वहीं कुछ गाड़ियों को पुनर्निधारित समय पर विलंब से रवाना किया जाएगा ग्यारह बारह और तेरह अक्टूबर को डॉगरगढ़ से छूटने वाली डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू रद्द रहेगी इसी तरह बारह तेरह और चौदह अक्टूबर को गोंदिया से छूटने वाली गोंदिया रायपुर मेमू गोंदिया और दुर्ग के बीच नहीं चलेगी ग्यारह बारह और तेरह अक्टूबर तक रायपुर से छूटने वाली रायपुर डोंगरगढ़ मेमू का परिचालन दुर्ग और डोंगरगढ़ के बीच नहीं होगा इसके अलावा उत्तर पूर्व रेलवे के बनारस रेलमंडल में भारी वर्षा से रेललाइन पर पानी भरने के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली क्छ ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित है इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए नवरात्रि दशहरा तथा दीपावली पर्व के मद्देनजर रायपुर और रायगढ़ के बीच रायपुर रायगढ़ रायपुर दिल्ली मेमू फास्ट पैसेंजर स्पेशल ट्रेन छब्बीस फेरों के लिए कल छह अक्टूबर से इकतीस अक्टूबर तक चलाई जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस जंगल सफारी चिड़ियाघर का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन्यप्राणियों और वनों के संरक्षण तथा सवंधन के लिए दृढ़ संकल्पित है जंगल सफारी और चिड़ियाघर देश में अनूठा है भविष्य में यहां और भी नए वन्यप्राणी आएंगे साथ ही वन्यप्राणियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी

आज के दिन कालरात्रि के रूप में शक्ति की उपासना की जाती है इस अवसर पर शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने डॉगरगढ़ के मां बम्लेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा कल महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा की जाएगी इस मौके पर देवी मंदिरों शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में महाअष्टमी पर विशेष हवन पूजन और महाआरती होगी नवमीं की तिथि से प्रतिमा और जवारा विसर्जन का सिलसिला शुरू होगा इस बीच नवरात्रि पर राजधानी रायपुर में अनेक स्थानों पर गरबा की धूम है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर गरबा का आनंद ले रहे हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल दक्षिण छत्तीसगढ़ से कोमोरीन क्षेत्र तक एक द्रोणिका बने होने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं झारखंड के पश्चिमी हिस्से और उसके आसपास बने चक्रवात के असर से बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है राजधानी रायपुर में भी आज दोपहर बारिश हुई

राज्य सरकार ने रायपुर स्थित एमजीएम आई हॉस्पिटल की मान्यता खत्म कर दी है साथ ही हॉस्पिटल को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया

सुकमा जिले में पेन्टा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे माओवादियों द्वारा लगाए गए एक प्रेशर आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है और कोरबा में पुलिस वाहन में तोड़फोड़ के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है